महिला कल्याण और बाल विकास राज्यमंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहने के निर्देश दिये हैं राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए जल्द ही प्रदेश में नई पर्यटन नीति लागू की जाएगी

मुलाकात मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त वाईके सिन्हा से लेदन में मुलाकात की इस दौरान उन्होंने प्रदेश में आगामी अक्टूबर में आयोजित होने वाले डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया उद्योगपतियों से बातचीत में मुख्य सचिव ने उन्हें राज्य में निवेश के लिए अनुकूल माहौल की जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन से वैश्विक निवेशकों व्यापार आयुक्तों नीति निर्माताओं और स्थानीय उद्यमी समुदाय को एक मंच उपलब्ध होगा राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए मौजूद अवसरों की जानकारी देते हुए श्री सिंह ने कहा कि उत्तराखण्ड में पर्यटन और आतिथ्य कृषि और उद्यान सुचना प्रौद्योगिकी सूचना तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास सहित विभिन्न क्षेत्रो में निवेश की भंरपूर संभावनाएं है महिला सुरक्षा महिला कल्याण और बाल विकास राज्यमंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहने के निर्देश दिये हैं मुजफ्फरपुर और देवरिया के बालिका आश्रय गृह में सामने आई दुष्कर्म की घटनाओं के बाद उन्होंने कहा कि रोज्य में नारी निकेतन बाल गृह आदि स्थानों में सीसी टीवी और रजिस्टर की व्यवस्था होगी और इसके संचालन की जिम्मेदारी अधीक्षक की होगी देहराद्रन में आयोजित एक बैठक में श्रीमती आर्या ने कहा कि हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनायी गई समिति प्रत्येक तीन महीने में अपने क्षेत्रों में स्थित नारी निकेतन बाल गृह आदि स्थलों का अनिवार्य निरीक्षण करें संवैधानिक दर्जा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि संसद का मौजूदा मानसून अधिवेशन इतिहास में सामाजिक न्याय के रूप में जाना जाएगा

वृक्षारोपण मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि नदियों को बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को मिलजुल कर काम करना होगा उन्होंने कहा कि पर्यावरण और नदियों के संरक्षण के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता दी जाएगी

इसके चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है हरिद्वार में गंगा देहरादून में सौंग सूसवा और पिथौरागढ जिले में काली नदी सहित प्रदेश की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान के नजदीक बह रही हैं

सौंग और सुसवा दोनों नदियों की दिशा बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे नदी किनारे बने मकान पानी से क्षतिग्रस्त न हों उधर ऋषिकेश यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी ओजरी डाबरकोट क्षेत्र में पिछले कई दिनों से पहाड़ी से लगातार गिर रहे बोल्डरों के कारण अवरूद्व है

इसे देखते हुए जल्द ही प्रदेश में नई पर्यटन नीति लागू की जाएगी नई टिहरी में पर्यटन और वैलनेस विषय पर आयोजित एक दिवसीय मिनी कानक्लेव में पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि नई पर्यटन नीति में विशेषज्ञों स्थानीय जनता और निवेशकों के सुझावों को शामिल किया जा रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन के विकास के लिए लगातार काम कर रही है

उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग आयुष उद्योग और अन्य विभागों से समन्वय कर प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश लाने का प्रयास कर रहा है जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे हथकरघा दिवस चमोली जिले में आज चतुर्थ राज्य स्तरीय राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया इस दौरान बुनकारों को केंद्र द्वारा उनके लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि हथकरघा दिवस मनाने से हथकरघा उत्पादों को बढावा मिलेगा और बुनकरों की आमदनी भी बढ़ेगी उन्होंने बुनकरों को सुझाव दिया कि वे नए डिजाइन और अच्छी फिनिशिंग के विभिन्न उत्पादों का निर्माण करें जिससे उन्हें अपने उत्पादों का बाजार में अच्छा दाम मिल सके कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने कहा कि राज्य में ब्नकरों के लिए विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं उन्होंने बताया कि वर्तमान में छिनका हथकरघा कलस्टर द्वारा विभिन्न उत्पादों का निर्माण कर उन्हें बेचा जा रहा है शपथ उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केएमजोसफ ने आज उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ ली

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने अपने न्यायालय कक्ष में आज सुबह साढ़े दस बजे सबसे पहले न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी को शपथ दिलाई इसके बाद न्यायमूर्ति सरन और फिर न्यायमूर्ति जोसफ ने न्यायाधीश के पद की शपथ ली स्थलीय निरीक्षण देहरादून के भोपालपानी स्थित पुल में धंसाव और दरारें पाए जाने की बात सामने आने पर मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को तत्काल जांच के आदेश दिए हैं स्थानीय लोगो की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने आज देहरादून में रायपुर थानो मोटर मार्ग पर निर्माणाधीन सौंडा सरौली और भोपालपानी के पूल का स्थलीय निरीक्षण किया उन्होंने कहा निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि इस प्रकार की किसी भी घटना में संलिप्त अधिकारी कार्मिक और ठेकेदार कि खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी अर्थदण्ड प्रदेश में पहली अगस्त से पॉलिथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसका प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है

छापेमारी में पॅालिथीन के साथ ही थर्माकोल की प्लेटें और प्लास्टिक के गिलास बरामद हुए इन पर संबंधित व्यक्तियों से पांच पांच हजार रूपये का अर्थदण्ड वसूला गया

इस दौरान सात वाहनों का चालान किया गया

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को आपदा की स्थिति में सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं